आज युवा दिवस पर दूसरे राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव के समापन समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि युवा दिवस के रूप में मनाई जाने वाली स्वामी विवेकानंद की जयंती हम सबको प्रेरणा देने वाला दिन है उनके विचार आज भी प्रासंगिक है प्रधानमंत्री ने कहा कि नई सोच पूरा भविष्य बदल देती है समारोह को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला और केन्द्रीय मंत्री किरेन रिजिजू तथा रमेश पोखरियाल निशंक ने भी संबोधित किया समारोह में राष्ट्रीय युवा संसद के विजेताओं ने भी अपने विचार साझा किए

स्वामी विवेकानंद की जयंती आज प्रदेशभर में भी उत्साह के साथ मनाई जा रही है जालौर में इस अवसर पर एक कार्यक्रम में स्वामी विवेकानंद के छायाचित्र पर माल्यार्पण किया गया बीकानेर में भी विवेकानंद पार्क में माल्यार्पण कार्यक्रम हआ

छह शीत भंडारण कंटेनरों में ये वैक्सीन कड़ी सुरक्षा के बीच पुणे हवाई अड़डे भेजी गई

अब तक स्वस्थ हुए लोगों की कुल संख्या एक करोड़ एक लाख से अधिक हो गई है

इधर प्रदेश में कोरोना से स्वस्थ होने की दर में लगातार बढ़ोतरी हो रही है

इसकी सूचना ग्रामीणों ने पुलिस पशु चिकित्सा और वन विभागों के अधिकारियों को र्द दी है पांच मृत कौओं का सैंपल भोपाल लैब में भेजा जाएगा

उन्होंने ट्वीट कर कहा कि प्तंग उड़ाने के सभी शौकीन अपनी और दूसरों की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखें श्री गहलोत ने कहा कि प्रतिबंधित चाइनीज मांझे का इस्तेमाल करने पर कार्रवाई की जाएगी उन्होंने कहा कि दोपहिया वाहन पर फुल कवर हैलमेट लगाएं और गले को मफलर या स्कार्फ से अच्छी तरह ढंक लें बच्चों को दोपहिया वाहन पर आगे ना बिठाएं और वाहन धीमी रफ्तार में चलाएं

श्रीगंगानगर में आज सुबह घना कोहरा छाया रहा

मौसम विभाग के अनुसार आज माउंट आबू में तापमान फिर से माइनस दो डिग्री पर पहुंच गया

मौसम विभाग ने कल तक जयपुर और बीकानेर संभाग में कहीं कहीं शीतलहर की संभावना जताई है